देशभर में आज पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अन्नकूट का त्यौहार

इसके तहत कल सोलह नवंबर को विस्तृत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा इसके बाद पंद्रह दिसंबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी प्राप्त दावों आपत्तियों का निराकरण पांच जनवरी तक किया जाएगा वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस तक कर दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक अट्ठारह वर्ष की हो जाएगी वे इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे इसके लिए ये युवा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाता जोड़ने के साथ ही स्थानांतरित मतदाताओं का नए निवास स्थान के अनुसार संशोधन और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही की जाएगी बिरसा मुण्डा जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर कर दिया था दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छाशक्ति भारी पड़ रही है भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी

वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में लिए सूरज की तरह चमक बखेरी है इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी नेता और स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुण्डा की जयंती पर उनके योगदान को याद कर उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की है शहीद जवान परिजन मुलाकात प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी दीपावली के अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंच रहे हैं इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के अनुविभागीय अधिकारी कपिल चंद्रा और अन्य अधिकारियों ने आज शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश के साथ शहीद जवानों के परिजनों को मिठाई पटाखे और फल भेंट किए गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने बीते तेरह नवंबर को सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर अपने जिलों में रहने वाले शहीद पुलिस जवानों के परिजनों से दीपावली के अवसर पर सौजन्य मुलाकात करने और उनका कुशलक्षेम जानने को कहा था इस निर्देश के तहत प्रदेश के अन्य जिलों में भी वहां के पुलिस अधिकारियों ने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री का शुभकामना संदेश भी दिया श्रम मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रेच्युटी मातृत्व लाभ सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है मंत्रालय ने हितधारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं मंत्रालय ने कहा कि प्रारूप नियमों की अधिसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं

गौठान दिवस प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का तिहार गौठान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास में आज सुबह अपनी धर्मपत्नी और परिवारजनों के साथ गाय को खिचड़ी खिलाकर गोवर्धन की पूजा की उन्होंने देवारी और गोवर्धन पूजा की रस्म अदा की साथ ही गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना भी की इस दौरान पारंपरिक लोक धुनों के बीच सुआ नर्तक दल और राउत नर्तक दलों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा में राउत नर्तक दलों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया इसके पहले श्री बघेल ने दुर्ग जिले के जंजगिरी तथा कुम्हारी गांव में प्रदेशवासियों की मंगलकामना के लिए सांटा का प्रहार झेलने की रस्म निभाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि इस बार दीपावली कोरोना काल में आई है इसलिए हमेशा मास्क पहने रहें और हाथ साबुन से धोते रहें उधर महासमुंद जिले में लोगों ने छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार विभिन्न स्थानों की मिट्टी से बनाई गई गौरा गौरी का पूजन किया इसके बाद सेवा गीतों के भक्तिपूर्ण माहौल में एक शोभायात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए यह शोभायात्रा पहले शीतला मंदिर पहुंची इसके बाद स्थानीय तालाब में गौरा गौरी का विसर्जन किया गया इस बार गौरा गौरी की शोभायात्रा में कोरोना के कारण लोगों ने पर्याप्त सावधानी भी रखी दीपावली गोवर्धन पूजा राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और उसे भोग अर्पित किया जाता है राजधानी रायपुर के प्राचीन दूधाधारी मठ में भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रदेश के अन्य जिलों से भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बस्तर के नागरिकों और बस्तर के दूरस्थ थाना क्षेत्रों चौकी और बेस कैम्प में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों अधिकारियों तथा उनके परिवारजनों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं पुलिस महानिरीक्षक ने सुरक्षा बलों की ओर से क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहयोग तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है राजनांदगांव दीपदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दीपावली पर एक दीया सैनिकों के सम्मान में जलाने की अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है इसी कड़ी में राजनादगांव जिले के सहसपुर दल्ली गांव के युवाओं ने अटल चौक पर सैनिकों के नाम से दीपदान किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री रक्तवीर युवा मंच और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सभी लोगों से सैनिकों के सम्मान में दीया जलाने के लिए प्रेरित किया युवाओं ने शहर के जयस्तंभ चौक पर जवानों के नाम दीये जलाने के साथ ही अपने अपने घरों में भी दीये जलाएं

इस दौरान मानसिक रूप से कमजोर लोगों विक्षिप्त घूमने वालों को पुलिस जवानों ने मिठाई खाना और कंबल वितरित किया थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि दीप का उजाला किसी के जीवन में प्रकाश ला सके यही सच्ची दीवाली है कोरोना समाचार जागरूकता छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख दस हजार को पार कर गई है वर्तमान में उन्नीस हजार से अधिक मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है इस बीच कल प्रदेश में सात सौ सोलह नये मामले सामने आए हैं वहीं कोरोना से कल सत्रह लोगों की मृत्यु भी हुई है इधर कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सक लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखें तो उसकी तुरंत जांच कराई जाए जिससे इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सूफी गायक पदमश्री मदन सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने एक गीत के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है ओबीसी सर्वेक्षण आयोग राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का सर्वेक्षण कर उनका विस्तुत विवरण तैयार किया जाना है इसके लिए राज्य सरकार ने रायपुर में एक आयोग का गठन किया है इस आयोग में सर्वेक्षण से प्राप्त होने वाली जानकारियों के विश्लेषण से संबंधित कार्य के लिए इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे या उनके प्रशासकीय विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं रायपुर स्थित जिला योजना तथा सांख्यिकी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संबंधित पद संरचना की स्वीकृति दे दी गई है इसमें सहायक अनुसंधान अधिकारी निज सचिव निज सहायक सहायक ग्रेड दो और सहायक ग्रेड तीन के एक एक पद स्वीकृत किए गए है इन पदों के लिए रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला योजना और सांख्यिकी कार्यालय के कक्ष क्रमांक छत्तीस में आगामी अट्ठाईस नवम्बर तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं राजनांदगांव आत्महत्या राजनांदगांव शहर के कामठी लाईन इलाके में दीपावली की खुशियां एक एक परिवार के लिए मातम में बदल गई जब युवा पुत्र ने दीपावली के दिन ही फांसी लगा ली इस घटना की जानकारी मिलते ही पिता भी सदमे में आ गए और उन्होंने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में माहौल गमगीन हो गया इस संबंध में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक एसएस चंद्रा ने बताया कि इस घटना के पीछे घरेलू विवाद की वजह सामने आई है हालांकि पुलिस द्वारा अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है संक्षिप्त समाचार मुंगेली की जिला सत्र न्यायाधीश कांता मार्टिन ने बीती रात अपने निवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

जिला रोजगार केन्द्र रायपुर द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सत्रह से उन्नीस नवंबर तक रायपुर में पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर हिन्दी अनुवादक जूनियर अनुवादक और सीनियर हिन्दी अनुवादक परीक्षा उन्नीस नवंबर को आयोजित की जाएगी और महासमुंद पुलिस ने बसना थाना क्षेत्र के ग्राम परसकोल में जुआ खेलने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है